राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने ग्रामीण लोगों को शहरी इलाकों के समान चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने की जरूरत पर बल दिया है तेलंगाना में सम्बोधन करते हए राष्ट्रपति ने चिंता व्यक्त की कि बच्चों में खून की कमी तथा अन्य बीमारियों से मुश्किलेंबंद रही

हैदराबादमें आज अंतर्राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान अभियान प्रशिक्षण केन्द्र के अटल परिसर का उदघाटन करने के बद डॉ हर्षवर्धन वैज्ञानिकों को सम्बोधित कर रहे थे केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर पर्यावरण को लेकर चिंता को कम करने की दिशामें किये गये प्रयासों में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है भारत की अंतराष्ट्रीय सौर ऊर्जा में भागीदारी का जिक्र करते हए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत उत्सर्जन की कमी लाने तथा स्वच्छ ऊर्जा पैदा करने जैसे वैश्विक लक्ष्यों को हासिल कर लेगा

इसमें अर्थव्यवसथा के प्रम्ख क्षेत्रों और केन्द्र सरकार की प्रम्ख योजनाओं पर परिचर्चा का प्रसारण होगा एफ एम गोल्ड चैनल पर रात साढ़े नौ बजे से ये विशेष प्रसारण सुना जा सकेंगे

स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि अगले वर्ष में कैंसर केयर सेंटर अम्बाला छावनी के माध्यम से कैंसर रोगियों को उपचार स्विधाएं उपलब्ध हो पाएंगी

चार मंजिला कैंसर अस्पताल बनाने के लिए निय्क्त निर्माण एंजैसी के प्रबंधक अभय क्मार ने बताया कि चार मंजिला भवन होने के कारण तीन मीटर से ज्यादा गहराई से ख्दाई करके इसकी नींव तैयार की गई है कैंसर केयर सेंटर में सभी प्रकार के मरीजों के उपचार और देखभाल की स्विधा उपलब्ध होगी जिसमें कैमिकल रेडियोग्राफी और सर्जरी इत्यादि की सुविधाएं शामिल हैं अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में कैंसर के उपचार के लिए पहला राजकीय कैंसर केयर सेंटर स्थापित होगा

हरियाणा के रात्रि को अपराधों की रोकथाम तथा अपराधियों की धरपकड़ के लिये रात्रि दस बजे से स्बह चार बजे तक नाईट डोमिनेशन के तहत विशेष अभियान चलाया गया इस अभियान के दौरान बड़ी संख्या में प्लिस अधिकारियो को व प्लिस कर्मचारी तैनात रहे जिलों के विभिन्न स्थानों को चिनहित करके विशेष नाकेबंदी भी की गई

इस परीक्षा को शांतिपूर्वक नकल रहित और निष्पक्ष आयोजित करवाना स्रक्षा व पारदर्शिता के लिये कर्मचारी चयन आयोग सभी परीक्षा केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरे व जैमर स्थापित किए गये है सभी परीक्षार्थियों को संस्थान के मुख्य दवार पर आवश्यक तलाशी और बायोमैट्रिक हाजिरी के बाद ही प्रवेश करवाया जायेगा

प्रवक्ता ने बताया कि शिक्षा विभाग को एक ऐसी हैंडब्क तैयार करवाकर प्रत्येक टीम को देने के निर्देश दिए गए हैं जिसमें प्रत्येक राज्य के ठहरने के लिए निर्धारित किए गए स्थान प्रतियोगिताओं के लिए निर्धारित किए मैदानों और प्रतियोगिता के संबंध में अन्य तमाम जानकारियां शामिल की गई हों मिनी क्यूबा के नाम से जाने जाना वाला भिवानी को मुक्केबाजी का गढ़ कहा जाता है यहां के म्क्केबाज राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम चमका च्के हैं इन्ही मुक्केबाजों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने के लिए भिवानी में तीन दिवसीय थर्ड हरियाणा राज्य महिला प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है

प्रतियोगिता में भाग ले रही महिला म्क्केबाजों ने बताया कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से उन्हे अपने भार वर्ग में प्रतिदवंदी महिला म्क्केबाजों से भिडऩे का मौका मिलेगा इसके लिए उन्होंने लंबे समय से तैयारी की है

हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार की चार साल की उपलिब्धयों पर अपनी रिपोर्ट पेश करते हये कहा है कि ग्रूग्राम के विकास की तर्जपर फरीदाबाद में भी विकास का खाका तैयार किया जा रहा है

इसके अलावा बडखल को उपमंडल का दर्जा दिया गया है और द्धोला में स्क्ल य्निवर्सिटी बनाई जा रही है

उत्तर भारत में शीत लहर और कोहरे की वजह से सड़क तथा रेल यातायात प्रभावित हआ है मौसम विभाग के अन्सार दिल्ली में तापामन गिरकर चार डिग्री सेल्सियस तक पहंच गया है जो दिसम्बर माह में पिछले चार वर्षो मे सबसे कम तापमान है करनाल में भी आज पार शून्य डिग्री पर पहंच गया पिछले एक हफ्ते से शीत लहर हरियाणा व पंजाब के ज्यादातर हिस्सों में जारी है हिसार और नारनौल में भी पारा दो डिग्री सेल्सियस रहा पंजाब में आदमप्र शून्य डिग्री ताममान के साथ लगातार दूसरे दिन सबसे ठंडा स्थान रहा हिमाचल प्रदेश के लाह्ल स्पीति जिले में केलांग में माईनस नौ डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार ठंडा बना हुआ है मेयर व पार्षदों की जीत को लेकर भाजपा दवारा आज करनाल शहर में रोड शो निकाला गया रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में लोगों दवारा मेयर व पार्षदों का फूलों दवारा स्वागत किया गया निगम की निर्वाचित मेयर रेण् बाला ग्प्ता ने मीडिया से बातचीत में इसे विकास की जीत बताया